विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लोगों के जीवन में आया बदलाव

महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने कहा बाल यौन उत्पीड़न का शिकार व्यक्ति किसी भी उप्र में दर्ज करा सकता है शिकायत शारदीय नवरात्र का आज है अंतिम दिन श्रद्वालु कर रहे हैं हवन व अन्य विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान

वे कल चतरा गाजीपुर होशंगाबाद पाली और मुम्बई उत्तर लोकसभा क्षेत्रों के भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ नरेन्द्र मोदी ऐप के जरिए बातचीत कर रहे थे प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार सबका साथ सबका विकास के मंत्र में विश्वास करती है

हमारा ध्येय ये ही है कि जो जिन्हें पहले पिछहे होने का दाग झेलते आये थे वो विकास की यात्रा में गर्व से सहमागी बन सकें यहां के लोग अपनी आकक्षाओं के अनुसार खुद को आगे लेकर बढ़े सरदार पटेल की विशाल प्रतिमा स्टेव्यू ऑफ यूनिटी का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरदार पटेल के महान विचार उनका संघर्ष और सोच आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा प्रेरणा बनी रहेगी श्री मोदी ने कहा कि अपेक्षाओं को पूरा करने में विफल रहने के कारण कांग्रेस और वामदलों ने लोगों को निराश किया है उन्होंने कहा कि भाजपा का गठन न केवल सरकार बनाने और सत्ता प्राप्त करने के लिए किया गया था बल्कि इसका गठन भारत माता की सेवा और राष्ट्र के विकास में योगदान देने के लिए किया गया था श्री मोदी ने प्रधानमंत्री जन धन योजना स्वच्छ भारत मिशन उज्ज्वला योजना और सौभाग्य जैसे केंद्र सरकार के कार्यक्रमों का उल्लेख करते हए कहा कि इन योजनाओं के कारण लोगों के जीवन में काफी बदलाव आया है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रघान ने देश में ऊर्जा का पर्याप्त भंडार बनाए जाने का आह्वान किया है कल नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि भारत दुनिया में ऊर्जा का उपयोग और कच्चे तेल का आयात करने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश है श्री प्र्यान ने कहा कि भारत बढ़ी तेजी से विकास कर रहा है और देश को ऐसी ऊर्जा की आवश्यकता है जो किफायती और पर्यावरण की दृष्टि से व्यावहारिक हो श्री प्रधान ने कहा कि उनका मंत्रालय ऊर्जा तक पहुंच ऊर्जा दक्षता ऊर्जा निरंतरता और ऊर्जा सुरक्षा की प्रधानमंत्री की धारणा के प्रति वचनवद्व है महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने कहा है कि बाल यौन उत्पीड़न का शिकार व्यक्ति किसी भी समय शिकायत दायर कर सकता है चाहे उसकी मौजूदा आय् कुछ भी हो उन्होंने कहा कि ऐसे सभी मामलों की सूचना पॉक्सो ई बॉक्स के जरिए दी जा सकती है एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार महिला और बाल विकास मंत्रालय ने हाल ही में इस मुद्दे पर कानून मंत्रालय से सलाह ली थी मंत्रालय का विचार था कि पॉक्सो कानून दो हजार बारह में अपराध की शिकायत दर्जे करने के लिए कोई समय सीमा नहीं दी गई है बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षित रखने से संबंधित कानून पॉक्सो नवम्बर दो हजार बारह में लागू हुआ था यह कानून बालक और बालिका दोनों पर लागू होता है और इसके तहत बच्चों को यौन उत्पीड़न और शोषण से सुरक्षित रखने को कानूनी प्रावधान किए गए हैं इस कानून में अट्ठारह वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को ं बच्चे के रूप में परिभाषित किया गया है और बच्चों को यौन उत्पीड़न यौन शोषण और अश्लील गतिविधियों से बचाने के प्रावधान शामिल हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंजूरी के बाद मानव वन्य जीव द्वंद को राज्य आपदा घोषित करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया राजस्व एवं राहत विमाग के प्रमुख सविव सुरेश चन्द्रा ने बताया कि वन्य जीव की श्रेणी में बाघ शेर तेन्द्रआ भेड़िया लकड़बन्घा हाथी मगरमच्छ गेंडा और जंगली सुअर को शामिल किया गया है श्री चन्द्रा ने बताया कि वन्य जीव के आक्रमण से मृतक के परिजनों को पांच लाख रूपये की धनराशि राज्य आपदा मोचन निधि से दी जायेगी और मृतक के मामले में वन विभाग एक लाख रूपये की राशि स्वयं के बजट से राजस्व विमाग को देगा पीड़ित परिवार को सहायता राशि का भ्गतान पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के चौबीस घंटे के भीतर आरटीजीएस के माध्यम से दिया जायेगा प्रदेश के संसदीय कार्य नगर विकास शहरी समग्र विकास तथा नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन मंत्री सुरेश खन्ना ने कल गोरखपुर शहर की सफाई व्यवस्था का औचक निरीक्षण किया इस दौरान उन्होंने सफाई व्यवस्था संतोष्जनक न होने पर एक सेनेटरी इंस्पेक्टर और जोनल आफीसर सुमित कुमार को निलम्बित कर दिया उन्होंने वरिष्ठ नगर स्वास्थ्य अधिकारी अतुल कुमार के स्थानान्तरण के लिए पत्र भेजने का भी निर्देश दिया इसके साथ ही श्री खन्ना ने लापखाही बरतने वाले सभी कर्मचारियों का एक सप्ताह का वेतन भी रोकने का निर्देश दिया

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रदेश में आयोजित होने वाले कृषि कुम्म दो हजार अट्ठारह का आगामी छब्बीस अक्टूबर को वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से उद्घाटन कर किसानों को संबोधित करेंगे इस कृषि क्म का समापन अट्ठाईस अक्टूबर को गृहमंत्री राजनाथ सिंह करेंगे कार्यक्रम का आयोजन लखनऊ स्थित गन्ना अनुसंधान संस्थान के परिसर में छबीस से अट्ठाईस अक्टूबर तक आयोजित किया जायेगा प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कृषि कृषि कृषि की तैयारियों की प्रगति की समीक्षा बैठक में यह जानकारी दी उन्होंने बताया कि कृषि कृषि में केन्द्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह भी भाग लेंगे बैठक में प्रमुख सचिव कृषि अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि कृषि कूम में पार्टनर राष्ट्र के रूप में जापान और इजराइल ने भाग लेने की सहमति दे दी है

शारदीय नवरात्र का आज अंतिम दिन है नवमी तिथि पर प्रदेश भर के शक्तिपीठों और देवी मंदिरों में श्रद्वालुओं की भारी भीड़ लगी है श्रद्वालु आज मॉ भगवती के नौवें स्वरूप माता सिद्दिदात्री की पूजा अर्वना कर रहे हैं मिर्जपुर जिले के विन्ध्यावल स्थित प्रसिद्द शक्तिपीठ विन्ध्याचलधाम में ब्रम्हमुहूर्त से ही श्रद्वालु दर्शन पूजन कर रहे हैं माँ विन्ध्यवासिनी देवी मंदिर की ओर जाने वाली सभी गलियों में पंक्तिबद्द श्रद्वालुओं की भीड़ लगी है बलरामपुर जिले में स्थित देवीपाटन शक्ति पीठ सीतापुर जिले के नैमिषारण्य स्थित मॉ ललिता देवी मंदिर और वाराणसी के दुर्गाकुण्ड पर श्रद्वालुओं की लम्बी कतारे लगी हैं सहारनपुर जिले के शिवालिक पहाड़ियों पर स्थित मो शाकुम्मरी देवी मंदिर गोरखपुर जिले में तरकुलह देवी मंदिर और महराजगंज जिले में स्थित लेहड़ा देवी मंदिर पर भी आज नवरात्र के आखिरी दिन माता के दर्शन पूजन के लिए श्रद्वाल्ओं का तांता लगा हुआ है कल अष्टमी तिथि पर भारी संख्या में लोगों ने दर्गा पाण्डालों में जाकर दर्शन पूजन किया तथा धार्मिक अनुष्ठानों में हिस्सा लिया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस अवसर पर लोगों को श्मकामनाएं दी हैं एक ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि माँ द्र्गा सभी लोगों के जीवन में खुशियां लाये और समाज से बुराई का अंत हो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को शारदीय नवरात्रि और विजयादरामी पर्व की हार्दिक ब्याई दी है